लोगों को दिल्ली की तर्ज पर सुविधायें देने का वायदा किया

हरियाणा में आज चुनाव प्रचार थाम प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ऐलनाबाद में एक च्नावी रैली को सम्बोधित करते हये कांग्रेस की जमकर आलोचना की उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बंटवारे के समय श्री करतारप्र साहिब को भारत में लेने के लिए कोई प्रयासरत नहीं किया

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ग्रू भक्तों के लिए क्छ नहीं किया और आस्था परम्परा और संस्कृति को कभी मान नहीं दिया

प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा सहित भारत के वीर कश्मीर मे लोगों की रक्षा कर रहे है

उन्होंने कहा कि घाटी में निर्दोष लोग मरते रहे हरियाणा के लोग भी घाटी में शहीद हये लेकिन कांग्रेस एकता और अखंडता के नाम पर लोगों का डराती रही प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को जनता की चिंता नहीं है उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति रही कि कश्मीर के एक दो परिवारों को संभालों बाकी अपने आप संभल जायेगा उन्होंने कांग्रेस पर कश्मीर की सुफी परम्परा को दबाने का आरोप भी लगाया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले नदियों के पानी को रोक कर हरियाणा व अन्य राज्यों को दिया जायेगा उन्होंने कहा कि पानी के लिए नया मंत्रालय गठित किया गया है प्रधानमंत्री मनोहर लाल दवारा हरियाणा के विकास के लिए किये गये काम का जिक्र भी किया और कहा कि नौकरी पाने में पर्ची संस्कृति व पर्ची संस्कृति व भ्रष्टाचार को समाप्त कर य्वाओं को राहत पहंचाई गई है पूर्व म्ख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का नाम लिए बिना इंडियन नैशनल लोकदल और जन नायक जनता पार्टी को भी निशाना बनाया प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को सूखा म्क्त और जल युक्त करने के लिए जल जीवन मिशन लाया गया है और अगले पांच वर्षो में साढ़े तीन लाख करोड़ रूपये हर घर तक पानी पहंचाने के लिए खर्च किये जायेंगे उन्होंने किसानों द्कानदारों और छोटे व्यापारियों के लिए श्रू की गई योजनाओं का जिक्र भी किया

उन्होंने आंतकवादी पर हमला करते हये कहा कि जो लोग कल तक हमें डराते थे उनकी आज हालत खराब है प्रधानमंत्री ने सेना को तेजस और बुल्ट प्रूफ जैकेट उपलब्ध करवाने का जिक्र करते हये कहा कि सेनाओं को सशक्त बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री ने वन रैंक वन पेंशन लागू करने समेत सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उठाये सभी कदमों का जिक्र किया और कहा कि आहीरवाल की भूमि राष्ट्र भक्तों क्रांतिकारी के होंसले व समपर्ण की भूमि है वे आगे भी सैनिकों के लिए काम करना जारी रखेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां वोट मांगने के लिए नहीं आये

उधर सोनीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी प्रत्याश कविता जैन के समर्थन में रोड शो निकाला रोड शो में फिल्म अभिनेत्री चौधरी और असरानी भी शामिल हये म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारी जन समूह को सम्बोधित करते हये दावा किया बीजेपी सोनीपत की सीट बड़े अंतर से जीत रही है उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में इलाके मे बेहतर काम हये है और बचे हये कामों को तेज़ी से पूरा करना उनकी प्राथमिता है उन्होंने लोगों को भ्रम व अफवाहें फैलाने वालों से सावधान रहने को कहा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की पर्व सांसद दीपेन्द्र हडडा ने सोनीपत के बड़ौदा हलके के गांव भावड़ से कांग्रेस प्रत्याशी श्रीकृष्ण के समर्थन में एक जनसभा को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि इस बार बड़े बहमत से जीत निश्चित है करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी तिरलोचन सिंह ने भी आज कर्ण पार्क से पद यात्रा पर रोड शो निकाला उन्होंने जनता का भरपूर समर्थन मिलने का और जीत का दावा किया कैप्टन अभिमनयू ने नारनौंद में एक जनसभा को सम्बोधित किया और विकास के नाम पर वोट देने की अपील की उधर कालका में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर विकास न करने का आरोप लगाया और लोगों से वोट देने की अपील की वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एंव राज्स्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलौत ने आज बीजीपी की रज्य के चुनावों में राष्ट्रीय मुददो को उठाने के लिए आलोचना की उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भावनात्मक मुद्दे लेकर आगे बढ़ना चाहते है वे आज चंडीगढ़ में एक पत्रकारवार्ता को सम्बोधित कर रहे थे श्री गहलोत ने बीजीपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप भी लगाया और कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे मे है एवं हिंसा व डर का माहौल है उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि नयायिक व्यवस्था आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय सब दवाब मे कमा कर रहे है उन्होंने कहा कि बीजेपी महात्मा गांधी सरदार पटेल और बाबा साहेब अम्बेडकर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है श्री गहलौत ने कहा कि बीजेपी देश को कां ले जायेगी ये चिंता का विषय है उन्होंने सरकार पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इशारों पर काम करने का आरोप भी लगाया श्री गहलौत ने कहा कि असहमति को दबाया जा रहा है

इसके लिए पहले जम्म् कश्मीर के नेताओं और विपक्ष से बात करनी चाहिए थी चाहे बाद मे सरकार अपने घोषणा पत्र मुताबिक इसे हटा देते उन्होंने सरकार पर जीएसटी को गलत ांग से लागू करने का आरोप भी लगाया और कहा कि इससे राज्यों की आय कम हुइ है श्री गहलौत ने रफाल सौदे पर भी सवाल उठाये और कहा कि केन्द्र सरकार काला धन वापिस लाने मे भी विफल रही है आम आदमी पार्टी ने आज प्रचार के अंतिम दिन हरियाणा विधानसभा च्नाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया पार्टी ने इसे प्रतिज्ञा पत्र का नाम दिया है

आज रोहतक में चूनाव घोषणा पत्र जारी करते हये पार्टी के राज्यसभा सांसद स्नील ग्रप्ता और प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद ने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा को टोल मुक्त और नशा मुक्त बनायेगी

सभी राजनीतिक दलों दवारा किए जा रहे च्नावी प्रचार के बावजूद प्रदेश में हिंसा या कानून व्यवस्था से संबंधित कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है